आईपीएल किकेट में आज सन राइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो हजार तीन सौ तिहत्तर नये संक्रमितों की पुष्टि की गई है वहीं सत्रह कोरोना संकमितों की मौत हो गई है राजधानी रांची में नौ सौ चार कोरोना संकमित मिले हैं जबकि पूर्वी सिंहभूम में तीन सौ तीन हजारीबाग में एक सौ सड़सठ और धनबाद में एक सौ अड़तालीस मिले हैं उधर दुमका से नब्बे बोकारो से सड़सठ चतरा से बाईस देवघर से छियासी गढ़वा से सत्रह गिरिडीह से सैतालीस गोड़ुडा से उन्नीस ग्रमला से इक्यावन जामताड़ा से बावन खूंटी से बत्तीस कोडरमा से छिहत्तर लातेहार से बत्तीस लोहरदगा से उन्नतीस पाकुड़ से इक्कीस पलामू से सत्रह रामगढ़ से इक्यावन साहिबगंज से तैतालीस सरायकेला से छत्तीस सिमडेगा से छब्बीस और पश्चिमी सिंहभूम से सैंतीस नए संक्रमित मिले हैं सभी जिलों में सकिय मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने सभी जिलों के उपायुक्तों को मरीजों के उपचार की तैयारी पुख्ता करने का निर्देश दिया है कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से निपटने के लिए देश भर में आज से टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है

कोरोना की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम का आह्वान किया है श्री मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे बड़ी तादाद में आगे आकर कोविड टीकाकारण के लिए पंजीकरण करवाने में वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों की मदद करें जो टीके के लिए योग्य घोषित किए गए हैं चार दिन का टीका उत्सव देशभर में आयोजित होगा इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाना है

ब्रहस्पतिवार को मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव आयोजित करने का आह्वान किया था राष्टीय स्वास्थ्य मिशन अभियान के निदेशक रविशंकर शुक्ला ने कोरोना संकमण की सैंपल जांच में लक्षण वाले संभावित मरीजों और अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों की जांच प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया है कल सिविल सर्जनों और आरटी पीसीआर लैब के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक में उन्होंने राज्य में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति पर समीक्षा की इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी लैब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निर्देशों के आधार पर सैंपल की जांच करें और लक्षण वाले संभावित मरीजों की प्राथमिकता के आधार पर जांच सुनिश्चित करें वहीं उन्होंने स्वास्थ्य सचिव के के सोन के निर्देश के आलोक में निर्धारित क्षमता के अनुसार प्रतिदिन अधिक से अधिक सैंपल जांच करने को भी कहा देश ने कोविड की रोकथाम के प्रयासों में नई उपलब्धि हासिल की है देश में अब तक दस करोड से अधिक कोविड टीके लगाये जा चुके हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह पूरे समाज के सामूहिक सहयोग से संभव हुआ है टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से उच्चस्तर पर समीक्षा की जा रही है लोगों का जीवन बचाने के लिए सरकार हरसंभव उपाय कर रही है

राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रांची नगर निगम कोरोना संक्रमितो के घरो को सेनेटाइज करेगा

राजधानी रांची में आज हाट बाजार और दुकान खुले रहेंगे इस संबंध में उपायुक्त छवि रंजन ने कहा है कि सरकार ने रविवार को दुकान बंद रखने के निर्देश नहीं दिये हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें

जमशेदपुर के होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने आज जमशेदपुर के पूर्व विधायक सरयू राय से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन में रात आठ बजे होटल बंद करने का निर्देश को लेकर मांग की है कि उन्हें रात दस बजे तक छूट दी जाए विधायक सरयू राय ने उनका ज्ञापन राज्य के मुख्य सचिव को प्रेषित कर दिया और उनकी मांग पर ध्यान देने का आश्वासन भी दिया मधुपुर उपचुनाव को लेकर कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी प्रत्याशी हफीजुल हसन के समर्थन में देवघर प्रखंड के लखन गड़िया में चुनावी सभा को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने किसानों के पचास हजार तक के ऋण माफ किये हैं और लोगों को ध्यान मे रखकर काम कर रही है इधर मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने भी झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन के समर्थन में प्रचार अभियान चलाया इस दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं से संपर्क भी साधा गया वहीं हफीजुल हसन के पक्ष में राजद नेता भी मधुपुर में चुनावी कैंप कर रहे हैं

इधर मध्यपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी चुनावी सभा कर रहे हैं कल उन्होंने देवीपुर प्रखंड के हुसैनाबाद मंडल में पांच चुनावी सभाओं को संबोधित किया

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक तथा कृच बिहार के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से सभी आवश्यक उपाय करने को कहा गया है निर्वाचन आयोग ने कहा कि कल सीतालकुची निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल सीआईएसएफ का कतार में खडे मतदाताओं अन्य पुलिसकर्मियों और अपनी रक्षा के लिए गोली चलाना अवश्यक हो गया था क्योंकि भीड ने उनसे हथियार छीनने की कोशिश की भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ज्योतिबा फुले की आज जयंती है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित की है महात्मा फूले को महान परोपकारी विचारक दार्शनिक और लेखक बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि ज्योतिबा जीवन पर्यन्त महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रहे श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुधारों के प्रति महात्मा फुले का समर्पण और प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगीउपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महान समाज सुधारक और द्रदर्शी विचारक ज्योतिराव फ़्ले को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की श्री नायड् ने कहा कि महात्मा फूले का महिलाओं की शिक्षा को बढावा देने में विशेष योगदान रहा उन्होंने जातिवाद और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लडाई लडी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने समाज सेवी ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने का श्रेय महात्मा फुले को जाता है

इस दिवस का आयोजन पार्किंसन के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से किया जाता है पार्किंसन के कारण चलने फिरने की गति धीमी पड़ जाती है मासपेशियां सख्त हो जाती है और शरीर में कंपन की समस्या पैदा हो जाती है विश्व भर में एक करोड़ से भी ज्यादा लोग पार्किंसंस डिजीज से ग्रस्त हैं और भारत में भी इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है पार्किंसन डिजीज मस्तिष्क की एक बीमारी है जिसमें डोपामेन की डिफिसियेन्सी यानि की कमी रहती है इसकी वजह से शरीर में कम्पन्न सिर में धीमापन या अकड़न हो सकती है अब इस बीमारी का इलाज अच्छे से संभव है और अगर आपके वर्क प्लेस पर आपके घर में आपके पड़ोस में इस तरह के लक्षण का कोई मरीज है तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट या एक मोमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट के पास लेकर जायें और उसका उपचार करायें आईपीएल किकेट टूर्नामेंट में आज सन राइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा मैच का प्रसारण शाम साढ़े सात बजे से किया जायेगा

हरमनप्रीत सिंह ने मैच में केवल छह मिनट बाकी रहते एक और गोल दागकर मैच बराबरी पर ला दिया